बिहार को मिले लगभग सात सौ बयालीस करोड़ रुपये प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या में आयी कमी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिविर लगाने का दिया निर्देश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

सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड स्थिति के संबंध में आज बिहार समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि केन्द्र सरकार हर संभव मदद करेगी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टीकाकरण को बढ़ाने की अपील भी की प्रधानमंत्री ने इससे पहले तमिलनाडु झारखंड ओडिसा तेलंगाना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अग्रिम अनुदान उपलब्ध कराने के लिए पच्चीस राज्यों को नवासी अरब तेईस करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की है इसमें बिहार को लगभग सात सौ बयालीस करोड़ रूपये मिलेंगे यह राशि सभी त्रि स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं गांव ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड मरीजों के लिए उपयोगी दवा बनाई है इसका नाम डीऑक्सी डी ग्लूकोज है यह पाउडर के रूप में उपलब्ध है और इसे पानी में मिलाकर पिया जाता है भारतीय औषध महानियंत्रक ने डीआरडीओ को इसके आपात उपयोग की अनुमति दे दी है यह दवा कोविड मरीजों की संक्रमित कोशिका में मिल जाती है और वायरस को फैलने से रोकती है यह कोरोना से बचाव की शक्ति बढ़ाती है इसे डीआरडीओ की प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान ने डॉ रेड्डीज लेबॉरेट्रीज के साथ मिलकर बनाया है

तो ये दू डी जी उस कोशिका में जो की वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चलाजाता है और दूसरा जब ये ज्यादा अंदर चला जाता है मगर ये ग्लूकोज कावेरिएंट है ये चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता तो जब ये एनर्जी नहीं दे पातातो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए भूखा हो जाता है उसको एनर्जी की जरूरत होतीहै पर दू डी जी उसमें तो एनर्जी नहीं दे पाता तो डबल मार होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और वो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाता जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटलीजो वायरल लोड है यो बॉडी में कम हो जाता है और एक तरह से ये उस वायरस को मारने मेंया उसकी ग्रोथ को बहत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबितहोता है डीआरडीओ मुख्यालय में जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने विशेष बातचीत में आकाशवाणी को बताया कि इस दवा के उपयोग के बाद कोविड रोगी जल्दी ठीक हो गए साथ ही उन्होंने मास्क के उपयोग पर भी बल दिया

पीपीईकिट जब होती है उसकी जो सिलाई होती है उस पर एक टेप लगती है और ग्लू लगता है साइडस में बहुत तरह के हम अड्हेसिवस या बॉन्डिंग मेटेरियल यूज करते हैं हमने उनको ऐनालाइज किया यहां पर डीआरडीओ ने अपने डोमेन से अपनी टेक्नोलोजी से और नॉलेज से आगे निकलकर काम किया जिससे कि हम इस कोविड मैनेजमेंट में अपना योगदान दें केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक कोविड के सत्रह करोड़ छप्पन लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं इनमें से बर्बादी सहित सोलह करोड़ तिरासी लाख कोविड टीको का इस्तेमाल किया जा चुका है अगले तीन दिन में वैक्सीन की छियालीस लाख से अधिक और डोज राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध हो जायेगी टीकाकरण का तीसरा चरण पहली मई से शुरू किया गया था प्रदेश में अब तक उनासी लाख सत्ताईस हजार दो सौ छिहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल छियासठ हजार छह सौ छियासी लोगों का टीकाकरण किया गया इधर देश भर में अब तक सोलह करोड़ चौरानवे लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है भारत में अब तक सोलह करोड़ चौरानवें लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं पंचानवे लाख चालीस हजार स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और चौंसठ लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है एक करोड़ उनचालीस लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला टीका और सतहत्तर लाख से अधिक कर्मियों ने दूसरा टीका लगवा लिया है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में ग्यारह हजार दो सौ उनसठ नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है कल बारह हजार नौ सौ अड़तालीस मामले सामने आए जबकि आज सामने आए मामलों की संख्या में लगभग एक हजार की कमी आई है पटना सहित चार जिलों में पांच सौ से अधिक नए संक्रमित मिले हैं पटना में सबसे अधिक एक हजार छह सौ छियालीस नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है जबकि औरंगाबाद में पांच सौ बानवे बेगूसराय में पांच सौ पैंसठ और समस्तीपुर में पांच सौ चौहत्तर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं राज्य में इस दौरान एक लाख नौ हजार एक सौ नब्बे सैंपल की कोरोना जांच की गई है आयुष मंत्रालय ने अस्पताल में नहीं भर्ती हुए कोविड मरीजों के लिए पोली हर्बल आयुर्वेदिक औषधि आयुष चौसठ और काबासुरा कुदीनीर वितरित करने का राष्ट्रव्यापी अभियान श्रू किया है आकाशवाणी के साथ बातचीत में आयुष अनुसंधान और विकास कार्यबल के अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने कहा कि आयुष चौसठ औषधि कोविड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की अवधि कम करने में कारगर साबित हुई है

निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीका उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि ये टीके अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के उन लोगों को दिये जा रहे हैं जिन्होंने पहले से टीके के लिए पंजीकरण कराया है उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए तीन लाख पचास हजार कोविड टीके मिले हैं

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज रविवार नौ मई से पूरे राज्य में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है यह टीकाकरण उन स्थानों से अलग होगा जहां पर लोगों की जांच और उपचार हो रहा है अगले तीन चार दिनों में अन्य सरकारी एवं अन्य भवनों को चिन्हित करके उन स्थानों पर भी ये टीका दिया जायेगा इस बीच खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष और नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि जिले में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल और कॉलेज परिसरों में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण कैम्प लगाने का निर्देश दिया है अस्पतालों में जांच के लिए लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है पटना में टीकाकरण अभियान की समीक्षा को बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में टीका लेने के लिए लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका भी प्रशासन पूरा ख्याल रखे श्री कुमार ने कहा कि टीका स्थलों पर नागरिक सुविधाओं का भी इंतजाम किया जाये साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे नुकसान हो सकता है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है डॉ गुलेरिया ने कहा कि हल्के लक्षणों वाले रोगियों की सीटी स्कैन में ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं

आप होम आइसोलेशन पर हो और आपकी सेचुरेशन ठीक है और आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं अगर हम एक सीटी कराते हैं तो इट इज इक्यूवेलेंट दू आलमोस्ट थ्री हंड्रेड दू फोर हंड्रेड एक्सरेज और यह भी डेटा है आई ए ई का भी इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजिज तो अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है इसका उद्वेश्य कोविड उन्नीस से प्रभावित मरीजों को तुरंत प्रभावी और समग्र इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड अस्पाताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड उन्नीस जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है किसी भी रोगी का इलाज करने से इंकार नहीं किया जाएगा प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है दरभंगा फरबिसगंज और सुपौल में आज गरज के साथ बारिश हुई जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक पंकज कुमार के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम गर्मी पड़ी है इसके साथ ही प्री मानसून ने भी राज्य के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दिया है

वहीं दरभंगा जिले में सताईस दुकानदारों के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जबकि दो हजार उनतीस लोगों से मास्क नहीं पहनने के आरोप में जुर्माना वसूला गया है देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले सभी टैंकरों और कन्टेनरों के आवागमन को टोल फ्री कर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अनुसार चिकित्सा के लिये ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी अधिकारियों और पक्षधारकों को निर्देश जारी किए हैं

बिहार को मिले लगभग सात सौ बयालीस करोड़ रुपये प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या में आयी कमी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिविर लगाने का दिया निर्देश